त्योहारों के दौरान रांची रेल मंडल से चलेंगी पैंतीस स्पेशल ट्रेनें आज से तीस नवंबर तक हर दिन चलेंगी रांची पटना स्पेशल सहित तीन ट्रेनें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

बिहार में वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज ही की जा रही है डाक मतपत्रों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हो चुकी है जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती साढ़ आठ बजे से शुरू हो चुकी है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि इस बार अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किए जाने के कारण परिणाम मिलने में कुछ अधिक वक्त लगेगा फिलहाल बिहार के अड़तीस जिलों में पचपन मतगणना केंद्र बनाए गए हैं राज्यभर में मतगणना केंद्रों के भीतर और आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है बिहार विधानसभा की दो सौ तैंतालीस सीटों के लिए तीन चरणों में अठाइस अक्तूबर तीन और सात नवंबर को वोट डाले गए थे झारखंड के द्मका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हए उपचुनाव के बाद आज सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू हो गयी है दुमका स्थित इंजीनियरिंग कालेज में बनाये गये मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन और भाजपा की लुइस मरांडी सहित बारह उम्मीदवारों ने इस उपचुनाव में किस्मत आजमाया है यहां कुल अठारह राउंड की गिनती होनी है प्रत्येक राउंड में इक्कीस इवीएम के मतों को गिना जा रहा है इधर बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए मतों की गिनती सत्रह राउंड में होगी जिला प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गयी है

यहां से प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा राजधानी रांची में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और राजीव अरुण एक्का ने दी श्री एक्का ने बताया कि सरना के अलावा कई अन्य धर्म को माननेवाले आदिवासी भी इस कॉलम के तहत सम्मिलित होंगे वहीं राज्य के किसानों को चालू खरीफ फसल के दौरान धान की बिक्री पर एक सौ बेरासी रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया इसके साथ ही राज्य के किसानों से अब सरकार साधारण किस्म के धान को दो हजार पचास रुपये प्रति क्विंटल जबकि ग्रेड ए धान को दो हजार सत्तर रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदारी करेगी धान की खरीदारी के समय किसानों को पचास प्रतिशत का भुगतान तत्काल और शेष पचास फीसदी राशि का भुगतान बाद में किया जायेगा इसके साथ ही लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है

बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रषपति ब्लादिमीर पुतिन करेंगे आठ सदस्य देशों रूस चीन भारत पाकिस्तारन कजाकिस्तान किर्गीस्तालन ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्राध्याक्ष बैठक में उपस्थित रहेंगे एससीओ के चार प्रेक्षक सदस्य ईरान अफगानिस्तायन बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्य्क्ष भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में नियुक्ति की मांग वाली दो याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है मामले में अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित की गई है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ छियालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसके साथ राज्य में कृल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चार हजार छह सौ अट्टासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चार सौ अंठावन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अबतक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर निन्यानबे हजार पांच सौ बत्तीस पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार दो सौ इक्यावन रह गई है कोरोना से कल राज्यभर में आठ लोगों की मौत हो गई और मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ पांच पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानबे प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है लोहरदगा जिला प्रशासन किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर सक्रिय है

इन सभी ट्रेनों में आने और जाने के लिए आरक्षण शुरू है यात्री हटिया रांची मुरी व रेलवे के अन्य पीआरएस काउंटर या आइआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण करा सकते हैं ये सभी ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित हैं यात्री आरक्षित टिकटों के माध्यम से ही इन ट्रेनों मे यात्रा कर सकते हैं रांची या हटिया स्टेशन से खुलनेवाली तथा यहां से होकर गुजरनेवाली ट्रेनो में सिकदराबाद दरभंगा स्पेशल रांची हावड़ा हटिया यशवंतपुर संबलपुर मंड्वाडीह हैदराबाद रक्सौल हटिया लोकमान्य तिलक रांची पटना रांची जयनगर हटिया इस्लामपुर हटिया पूर्णिया कोर्ट हैदराबाद दरभंगा हैदराबाद रक्सौल सहित कई ट्रेनें शामिल हैं

राजधानी रांची सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है

इन दिनों बोकारो और रांची का तापमान बारह डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार मानसुन की वापसी के बाद हवा का रूख बदल गया है इसके बाद से हवा में नमी है यही कारण है कि झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल गया है मौसम विभाग ने किसानों को सर्दी के मौसम की फसल की बुआई पंद्रह नवंबर से पहले खत्म करने की सलाह दी है जामताड़ा जिले के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कल बैठक कर जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत ईसीएल की बंद खदानों से कोयले का अवैध उत्खनन और कोयला परिवहन के दौरान कोयला चोरी रोकने का निर्देश दिया है लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में कल दोपहर तेज गति से चल रहे एक ट्रैक्टर के धक्के से नौ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड की किशोरियों को शिक्षित और कौशल विकास के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने को लेकर कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है

बेरमो द्मका उपच्चनाव को लेकर मतगणना की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है बिहार में नीतीश या तेजस्वी फैसला आज की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है क्या बिहार युवा को मुख्यमंत्री चुनेगा